बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि पन्द्रह दिनों में परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे

उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् ने कहा है कि ऑन लाइन शिक्षा सीखने का सबसे बड़ा माध्यम है कयूंकि इसमें इंटरनेट के जरिये देश के कोने कोने तक पहंचने की क्षमता है

उन्होंने कहा कि इग्नू ने कई शिक्षार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने का मौका दिया है जो नियमित शिक्षा देने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं जा सकते थे

उन्होंने तसल्ली प्रकट की कि दूरस्थ शिक्षा की स्विधा के साथ साथ अधिकारी व सैनिकों जारी रख सकते है इस मौके पर श्री नायडू ने देश भर के विश्वविद्यालयों के दो लाख दात्रों को डिग्रीयां प्रदान की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमन के कांग्रेस पर अलगावादियों और राष्ट्रविरोधियों तत्वों का साथ देने का आरोप लगाया है आज कांग्रेस के च्नावी घोषणा पत्र की आलोचना करते हये श्रीमती सीतामरन ने कहा कि कांग्रेस सशस्त्र बलो का मनोबल गिरा रही है

पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में चल रहे एक हजार तिरासी गैर मान्यता वाले व एक हजार आठ सौ चोरानबे अस्थायी मान्यता प्राप्त करने वाले निजी स्कूलों को बंद नहीं कराने पर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब किया है उन्हें स्टेटस रिपोर्ट के साथ चौबीस अप्रैल का अदालत में पेश होने को कहा गया है

स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजपाल परमार ने एक जनहित याचिका दायर कर फर्जी स्कूल बंद करने की ग्हार लगाई थी हमारे संवाददाता के अन्सार उच्च न्यायालय ने आज निजी स्कूलों की पैरवी कर रहे वकीलों की एक नहीं स्नी हरियाणा विदयालय शिक्षा बोर्ड की दसवीं व बारहवीं कक्षाओं की उत्तर प्स्तिकाओं की जांच का काम आज शुरू हो गया है

बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने आज जांच केन्द्रों पर छापेमारी भी की और उत्तरप्रस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया का निरीक्षण भी किया

हरियाणा के म्ख्यमत्री मनोहर लापल ने आज यम्नानगर जिले के बिलास प्र में विजय संकल्प रैली को सम्बोधित करते हये कहा कि लोकतंत्र में च्नाव एक उत्वस की तरह है सरकार की उपलब्धियां गिनाते हये उन्होंने कहा कि सरकार समाज के जरूरत मंद वर्ग के हितों के लिये काम कर रही है और और किसानों के हितो को ध्यान मे रख कर योजनायें बनाये जा रही है उन्होंने कहा िक कांग्रेस व अन्य विरोधी दल केवल ख्याली योजनाये बना रहे है कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र पर सवाल उठाते हये म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पार्टी आतंकवादियों के हितो के बात करती है प्रधानमंत्री पर विपक्ष दवारा किये जा रहे हमलों पर उन्होंने कहा कि स्रक्षा के को लेकर प्रधानमंत्री दवारा दिखाई गई दढ़ता की पूरी द्वनिया लौहा मान रही है और आज देश का हर शख्स स्वयं को गर्व से देश का चौकीदरार कह रहा है रैली का केन्द्रीय मंत्री कृष्ण पाल ग्र्जर सांसद रतन लाल कटारिया वे विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल अध्यक्ष पाल ग्र्जर ने भी सम्बोधित किया

लेकिन बचाव पक्ष ने इस मामले में आरोपी मोती लाल वोहरा को उम्र व स्वास्थ्य कारणों के चलते पेशी से स्थायी छूट देने की याचिका दाखिल की

जिस दिन सीबीआई द्वारा लगाये गये आरापों पर बहस होनी है बहजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रभारी मेघराज ने कहा है कि उनकी पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन स्खये की नीति पर सभी वर्गो को साथ लेकर चलती है वे आज फरीदाबाद जिले मे मुजेड़ी में बहजन समाज पार्टी और लोकतंत्र स्रक्षा पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी मनधीर सिंह मान के पक्ष मे एक कार्यकर्ता सम्मेलन के सम्बोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की समय पर घोषणा करके पार्टी ने संकेत दे दिया है कि वे च्नाव के लिये पूरी तरह तैयार है उन्होंने कहा कि हरियाणा में मायावती पांच रैलियों को सम्बोधित करेगी

इंडियन नैशनल लोकदल ने सोशल मीडिया सेल का गठन किया है पार्टी के प्रवक्ता सतबीर सिंह सैनी ने बताया कि आम जनजीवन में सोशल मीडिया की पहंच व प्रभाव को देखते हये ये कदम उठाया गया है

श्रीसैनी ने कहा कि इनैलो इस सेल के जरिये पार्टी की नीतियों व कार्यो को जन जन तक पहुंचायेंगी और विरोधी दलों द्वारा उनके खिलाफ किये जा रहे द्ष्प्रचार पर रोक लगायेगी

पलवल व रूधी रेलवे स्टेशन के बीच आज आगरा निजामुद्दीन जा रही उत्कल एक्सप्रेस गाड़ी से गिर कर दो य्वकों की मौत हो गई सूचना मिलते ही मौके पर पहंची रेलवे की टीम के अधिकारी ने बताया कि एक मृतक की पहचान कर ली गई है जबकि दसूरे की पहचान नहीं हो पाई है पहचाना गया मृतक मध्यप्रदेश के करवाटा की निवासी लवक्श लोदी है और उसकी जेव से करनी से निजाम्द्दीन का टिकट मिला है जिसकी पहचान नहीं हो पाई है उसके दाहिने हाथ पर मोनू व हथेली पर एक एम के लिखा है प्लिस ने दोनों शवों को सिविल अस्पताल की मौचारी में रखा है